सिरोही के ही पिंडवाडा में सात पर भाजपा और तीन सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई है इधर जालोर नगर परिषद में तीन सीटों पर कांग्रेस पांच पर भाजपा और दो पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है

आज शाम तक सभी परिणाम सामने आ जायेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जायेगा श्री गहलोत ने कल अजमेर के आजाद पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिलावटखोरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए इस अवसर पर उन्होंने आमजन के बिगडते स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार परी तैयारी के साथ मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरु करेगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने अजमेर में बाल अधिकारिता विमाग की ओर से आयोजित बाल संगम कार्यक्रम में भाग लिया श्री गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे समाज में परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ समाज और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निमानी होगी उपभोक्ता मंच अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी

केन्द्र सरकार प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज करेगी

नीति आयोग ने मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की वकालत की है जो अभी तक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत नहीं आती है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है